इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाओ यानी कोविड के बाद अब अगला कदम तीन दिन के इस शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद विश्व में उभरती प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी इस दौरान सूचना प्रोद्यौगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायो टेक्नॉलाजी के क्षेत्रों में विशिष्ठ प्रोद्यौगिकी और नवप्रवर्तन के प्रभाव पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकमण को फैलने से रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो और सख्त कदम उठाएं जाएंगे इसी के तहत राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं निर्देशों के मुताबिक अब शादी व अन्य धार्मिक सामाजिक खेल मनोरंजन और राजनीतिक आयोजनों में सौ से अधिक लोग हॉल में इकट्ठे नहीं हो सकेंगे इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा

इस संबंध में सभी उपायुक्त को निर्देश जारी कर दिए गए हैं सुखराम बैठक ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी की अध्यक्षता में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक व उत्तराखंड पावर निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ किशाऊ और रेणुका बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर कल देहरादून में एक बैठक हुई

परियोजना में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की बराबर की हिस्सेदारी होगी

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है केंद्रीय विश्वविद्यालय पर सियासी घमासान के बीच जमीन हस्तांतरण का हिमाचल सरकार ने लिया फैसला दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीएम बोले सीयू प्राथमिकता कुछ तकनीकी चीजें निपटाकर जल्द काम शुरू किया जाएगा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कुछ तकनीकी चीजें अनुराग के ध्यान में नहीं पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल के दो दिग्गजों की तल्खी पर भाजपा हाईकमान ने मांगी रिपोर्ट हिमाचल दस्तक के अनुसार रेवन्यू और वन मंत्रालय में उलझा है देहरा कैंपस दैनिक जागरण की एक खबर है नीट की राज्य मेरिट सूची में शिमला की भव्या अव्वल पंजाब केसरी लिखता है शिमला की भव्या शर्मा हिमाचल की टॉपर आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है सहकारी सभाओं के ऋण दोषी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव हिमाचल दस्तक के शब्द हैं सोसाइटियों के डिफॉल्टर नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव दिव्य हिमाचल के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने की न सोचें डिफाल्टर दैनिक जागरण की एक खबर है तकनीकी विश्वविद्यालय से हिंदी में कर सकेंगे बीटेक